भोपाल कलेक्टर ने कालेज के छात्रों से किया संवाद

वे आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कमल शक्ति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर राज्य सरकार गंभीर है महिला सशक्तीकरण उनके लिये कोई राजनैतिक नारा नहीं है बल्कि उनके जीवन का मिशन है मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना इसी सोच का परिणाम है वहीं प्रतिभा किरण योजना का लाभ राज्य की हजारों बेटियों ने उठाया है प्रदेश में होने वाले स्थानीय चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण मिलेगा मध्यप्रदेश में महिला स्वसहायता समूह एक आंदोलन बन गया है इन समूहों के जरिये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और उनके द्वारा बनायी गयी सामग्री का टर्न ओवर दौ सौ करोड़ के पार है

छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट हर मतदाता का अधिकार है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसका उपयोग करना नितांत आवश्यक है डॉ खाडे ने कहा कि आपके वोट से सरकार बनती है आप लोकतंत्र के सच्चे और सक्रिय भागीदार बनें डीआईजी धर्मेन्द्र चौधरी ने छात्र संवाद में कहा कि पात्र सभी विद्यार्थी मतदाता कार्ड बनवायें और मतदान अवश्य करें उन्होंने छात्रों से आव्हान किया कि वे व्यसन दूर रहें उन्होंने कहा कि संस्थान में शीघ्र ही महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित होकर छात्राओं से संवाद करेंगे ताकि जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षा एवं सहयोग प्राप्त हो सके वही खंडवा जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में आज मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने मीडिया प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें वीवीपैट मशीन संचालन की प्रक्रिया भी समझाई देवास में आज ईएलसी के लिये स्विप अभियान के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया वहीं टीकमगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय टिवटर फेस बुक और यूटयूब पर उपलब्ध रहेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने एक ट्वीट में श्री जेटली द्वारा इस पद का कार्यभार संभालने का स्वागत किया है

अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा

श्री गुप्ता आज स्थानीय कोपल स्कूल में सायबर सुरक्षा वर्कशाप को संबोधित कर रहे थे एसपी सायबर सेल सुदीप गोयनका ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड चुराने पर तीन साल की सजा हो सकती है

प्रदेश में भी अब इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे है बुरहानपुर के युवा इंजीनियर मुदस्सर ने विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर जिले में हैंडलूम शुरू किया मुदस्सर का कहना है कि सरकार की योजना से उन्हें काफी लाभ हो रहा है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

कलश यात्रा के मार्ग में आमजन भी अटल जी के अस्थि कलश का दर्शन कर श्रद्वांजलि अर्पित कर सकेंगे अटलजी की अस्थियां प्रदेश की दस प्रमुख नदियों नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती चम्बल सोन बेतवा पार्वती सिंध पेंच और केन में विसर्जित की जायेंगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पच्चीस अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे चम्बल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से शुरू होगी ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में पहॅचेगी जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के सेवढ़ा में स्वर्गीय वाजपेयीजी की अस्थियाँ सिंध नदी में विसर्जित की अस्थि कलश यात्रा आज सागर पहुंची

यात्रा का रात्रि विश्राम आगरमालवा में होगा अस्थि कलश यात्रा कल सुबह जिले के सुसनेर और मोड़ी होती हुई राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री क्लदीप नैय्यर के निधन पर शोक व्यक्त किया है

मच्छरों के काटने से चिकुनगुनिया डेंगू और मलेरिया रोग होता है इसी कड़ी में खंडवा जिले में शासकीय अस्पताल में मौसमी बिमारियों की मरीजों की संख्या बढ़ गई है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा रतन खण्डेलवाल ने लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी है

राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रूक रूक बारिश हो रही है बुरहानपुर में भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बड़वानी होशंगाबाद नीमच शिवपुरी खण्डवा जिले में बारिश जारी है लगातार बारिश की वजह से विदिशा जिले में बेतवा नदी ऊफान पर है और उसके आसपास के सारे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं बेतवा सहित जिले की अन्य सहायक नदियां उफान पर होने की वजह से विदिशा में गंजबासौदा नटेरन शमशाबाद अशोकनगर रायसेन बेगमगंज गैरतगंज कुरवाई आदि से सड़क संपर्क टूट चुका है वहीं सतना जिले में जिगनहट गांव के पास आज नदी में नहाने के दौरान चार लोग बह गये जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है जबकि एक अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है

वे यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे